राज्य भर में समारोह का आयोजन

हडडा ने इसे बदले से की गई कार्रवाई बताया

उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में मतदाता होना गर्व की बात है हर वर्ष आज के दिन का शीर्षक है मतदान से न छूटे कोई मतदाता श्री कोविंद ने एक भी मतदाता छूट न जाये इसके लिये गंभीर प्रयास करने के लिये निर्वाचन आयोग के प्रयासो की सराहना की और कहा कि महिला मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु महिला मतदान केन्द्रो की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी वर्ग के लोगों से मतदाता पंजीकरण बारे बारे जागरूकता जगाने का आहवान किया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोगों को बधाई देते हये उन्होंने य्वाओं से कहा कि यदि उन्होंने मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण नहीं करवाया तो इसे जरूर करवाये क्यूंकि हर वोट प्रजातांत्रिक ताने बाने में मजबूत करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन देश के प्रजातंत्र को ओर मजबूत करने की दिशा में बढ़ने का है ताकि स्थानीय राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग सकें इसमें नव भारत के निर्माण में ओर मदद मिलेगी हरियाणा के म्ख्यसचिव डी एस ऐसी ने कहा है कि इस वर्ष होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के निष्पक्ष संचालन के लिये पूरी तैयारी कर ली गई है इस बार च्नाव में वी वी पैट स्विधा य्क्त मशीनों का प्रयोग होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अम्बाला शहर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अपने सम्बोधन मे श्री ऐसी से भारत को ्युवाओं का देश बताते हये योग्य पात्रो से अपील की कि वे अपना वोटर कार्ड अवश्य बनाये और मतदान अवश्य करें

म्ख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि इस टोल फ्री नबंर से घर बैठे हर तरह की जानकारी ली जा सकेगी

इस अवसर पर शिक्षण संस्थाओं में प्रतियोगितायें हुई जगाधरी के हिन्दू कन्य महाविद्यालय जिला स्तरीय समारोह मे उपाय्क्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गिरीशी अरोड़ा ने मतदाता जागरूकता रैली को झंडी दिखा रवाना किया आज करनाल में आयोजित कार्यक्रम में बोते हये एसडीएम नरेन्द्र पाल मलिक ने कहा कि लोकतंत्र जब तक सार्थक नहीं हो सकता तब तक जन प्रतिनिधि च्नने में आमजन की अधिकतम भागीदारी न हो पंचक्ला में उपाय्क्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुक्ल क्मार ने नौवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला सचिवालय के समाचार में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखने की शपथ दिलाई उच्चतम न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले की सीमक्षा करने का निर्णय लिया है यद्यपि न्यायालय ने इस आरक्षण के अमल पर रोक नहीं लगाई है प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिये संविधान संशोधन अधिनियम वैद्यता को च्नौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है केन्द्र सरकार को चार सप्ताह के अंदर सर्वोच्च न्यायालय मे जवाब दाखिल करना है

प्लिस महानिदेशक श्री बी एस संधू ने पदक प्राप्त करने वाले सभी प्लिस अधिकारियों को बधाई दी सीबीआई ने आज पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह ह्डडा के रोहतक स्थित निवास पर छापेमारी की जब यह कार्रवाई हई तक हडडा व उनके प्त्र सांसद दीपेन्द्र हडडा घर पर ही थे करीब छ घंटे तक चली इस रेड के बार सीबीआई टीम अपने साथ क्छ कागजात ले गई है

रोहतक से हमारे संवाददाता ने बताया कि छापेमारी की वजह से पूर्व म्ख्यमंत्री आज जींद में पार्टी की चुनाव रैली मे नहीं जा पाये पूर्व मुख्यमंत्री ने छापेमारी को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है हरियाणा के पूर्व म्ख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हड्डा के रोहतक सहित कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद हरियाणा के केबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में पत्रकारों को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दस साल के शासन में श्री हडा दवारा गलतियां की गई है सीबीआई सारे मामलों की जांच कर रही है सीबीआई की इस छापेमारी का जींद में होने वाले च्नावों को प्रभावित करने पर विज ने कहा की सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है और अपने हिसाब से काम करती है उससे जींद च्नाव का कोई लेना देना नहीं बागवानी विभाग हरियाणा के मिशन निदेशक डा बी एस सहरावत ने आज करनाल में फल व सब्जियों में रसायनिक खाद व कीटनाशक दवाई मिट्टी व पानी की जांच कराने के लिये बनी हरियाणा की पहली ग्णवता नियंत्रण प्रयोगशाला का उदघाटन किया

इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसान आमदनी बढ़ाने के लिये फस्लों में कीटनाशकों व रसायनिक खादों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे है जिससे कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे है

उन्होंने किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की है जींद उपच्नाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने तथा गणतंत्र दिवस को लेकर शराब की द्काने बंद रखने के निर्देश जारी किये गये है

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल एंव केंद्रीय मंत्री बिरेंद्र सिंह सहित अनेक मंत्रीयों ने आज जींद में एक च्नावी सभा को संबोधित किया

म्ख्यमंत्री ने कहा अब से पूर्व की सरकारों ने जींद की जनता का केवल शोषण किया मनोहर लाल ने कहा हमारी सरकार एक नई व्यवस्था एक नई सोच लेकर आई केंद्रीय ईस्पात मंत्री बिरेंद्र सिंह ने भी च्नावी जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्यासी के पक्ष में मतदान करने की अपील की